ये पुरस्कार दो श्रेणियों बाल शक्ति और बाल कल्याण के अंतर्गत दिए जाते हैं बाल शक्ति पुरस्कार नवसूजन प्रतिमा खेलकूद कला और संस्कृति समाज सेवा और बहाद्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चूने गए छब्बीस बच्चों को प्रदान किए गए जिनमें से एक संयुक्त पुरस्कार भी दिया गया दो व्यक्तियों और तीन संस्थाओं को बाल कल्याण प्रस्कार प्रदान किए गए बाल शक्ति प्रस्कार के अंतर्गत एक लाख रुपए नकद दस हजार रुपए के पुस्तकों के वाउचर प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है व्यक्तियों को दिए जाने वाले बाल कल्याण पुरस्कार के अंतर्गत एक लाख रुपए नकद पदक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं जबकि संस्थाओं को पांच लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है महिला और बाल विकास विभाग ने दो हजार अट्ठारह में राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की योजना में बदलाव किए और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अमतर्गत बहादुरी को भी शामिल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने होलोंगी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और तवांग जिले में सेला टैनल निर्माण की आधारशिला रखेगी इस दौरान प्रधानमंत्री एक सौ दस मेघावॉट पारे जल विद्युत परियोजना और तेजू एयरपोर्ट का उद्घाटन एवं दूरदर्शन की नई समाचार चैनल अरुणप्रभा की भी शुरुआर करेंगे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में अरुणाचल राईजिंग अभियान कार्यक्रम के तहत यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार के तहत पिछले शासनकाल के सभी लंबित कार्यों को तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने सोमवार को राज्य सरकार के कुशल और गैर कुशल श्रमिको के लिए न्यूनताम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की

कला और संस्कृति मंत्री मोहेश चाई ने युवा पीढ़ी के बीच मातृभाषाओं के घटते उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की कई बोलियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं डॉ चाई ने बताया कि राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि आवंटित कर जनजातियों की स्थानीय बोलियों के संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय कर रही है लोहित जिले के तेजू में कल्चरल एंड लिटररी सोसायटी ऑफ मिश्मी के रजत जयंती सह दसवें महासम्मेलन के अवसर पर उन्होंने यह बात कही लोअर दिवांग वैली जिला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओबंग लांगकम को हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लांगकम को उनके कॉन्सेप्ट पेपर प्लान एकादमिक एक्शन प्लान की सराहना में सम्मानित किया गया जिसे दो हजार चौदह से जिले के स्कूलों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सरकार राज्य के मुल निवासियों के हितों की रक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है बिजनी में कल पूर्वोत्तर सैन्य स्कूल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि उन की सरकार का यह मानना है कि भूमि पर राज्य के मूल निवासियों का पहला अधिकार है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बंगलादेश से घुसपैठ रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के काम को सुनिश्चित बनाया है लोअर दिवांग वैली जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के चार वर्ष प्ररा होने की अवसर पर इक्कीस जनवरी से छब्बीस जनवरी तक कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके तहत चौबीस जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है जिले की आगंनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं पर डोर टू डोर जागरुकता अभियान चलाया गया आयोजन के दौरान स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण विषय पर डॉक्टरो के साथ चर्चा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं पर नुक्कड़ नाटक और बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है